राज्यों के ऑक्सीजन आपूर्ति पर केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आपूर्ति का पूरा ढंग से पता लगाया गया है सरकार ने ऑक्सीजन टैंकरो के अंतरराज्यीय आवाजाही और उनके पंजीकरण और परमिट में छूट दी है

वित्त मंत्री ने बताया कि ऑक्सीजन सिलेंडर भरने का काम भी दिन रात किया जा रहा है और आवश्यक दवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं इसके अलावा मेडिकल ऑक्सीजन के आयात को भी मंजूरी दे दी गई है

इस आवंटन में राज्यों की ओर से दवा की थोक खरीद तथा निजी माध्यमों से आपूर्ति भी शामिल है स्वास्थ्य मंत्रालय ने रेमडेसिविर निर्माताओं से कहा है कि उनके पास पहले से मौजूद ऑर्डर की आपूर्ति पर विचार करें उनसे कहा गया है कि राज्यों के लिए स्वीकृत आवंटन के अनुरूप दवा के उत्पादन और उसे भेजने की व्यवस्था करें सभी राज्य दवा की आपूर्ति के लिए अपने ऑर्डर सरकारी खरीद या अन्य वितरण माध्यम से बुक कर सकते हैं राज्यों से कहा गया है कि तत्काल नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करें जो रेमडेसिविर के निर्बाध आवागमन और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करें राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण रेमडेसिविर के राज्यों को आवंटन के संचालन पर निगरानी रखेगा

वायुसेना ने महामारी पर अंकुश लगाने में सरकार की सहायता के लिए ऑक्सीजन कन्टेनर और सिलेंडर आवश्यक दवाएं उपकरण तथा चिकित्साकर्मियों को अपने विमानों से भेजना शुरू कर दिया है वायुसेना ने कोच्चि मुंबई विशाखापत्तनम और बेंगलुरू से डॉक्टरों और नर्सों को दिल्ली में डीआरडीओ के अस्थायी कोविड अस्पताल में पहुंचाया है इसी तरह बेंगलुरू से डीआरडीओ के ऑक्सजीन कंटेनर भी दिल्ली के कोविड केन्द्रों में पहुंचाए गए हैं

चार सदस्यीय ये टीम कोरोना मरीजों और उपभोक्ताओं को निजी अस्पतालों दवा विकेताओं के यहां आवश्यक दवाइयों तथा इंजेक्शनों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी टीम रोजाना सरकार को रिपोर्ट करेगी

राज्य में चलाए जा रहे जन अनुशासन पखवाड़े के तहत आज भी लोगों से समझाइश और चालान काटने का काम जारी है सवाई माधोपुर में रेलवे स्टेशन पर चैक पोस्ट लगाकर बाहर से आने वाले यात्रियों की सघनता के साथ जांच की जा रही है बीकानेर में कोरोना एडवाइजरी की पालना नहीं करते पाए जाने पर तीन दुकानों को सीज किया गया वहां जिला मुख्यालय पर जागरूकता के स्टीकर चस्पा कर लोगों को सावचेत किया जा रहा है

इधर सीकर में सावों को देखते हुए शादियों के लिए पूर्व में बुक किए गए सामान को लेने के लिए दोपहर एक से चार बजे के बीच ग्रहाकों को विशेष छूट दी गई है जिले के लक्ष्मणगढ़ स्थित एक निजी विश्वविद्यालय के खिलाफ लापरवाही बरतने पर महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है अजमेर नगर निगम ने शादी समारोह में गाइड लाइन की पालना नहीं करने पर सात विवाह स्थलों के खिलाफ कार्रवाई कर जुर्माना वसूला वहीं बूंदी में आज भी बिना मास्क के घूमने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में बढ़ोतरी जारी है

जयपुर जिले में नए मरीजों की संख्या तीन हजार को पार कर गई

प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के लिए अपने विचार साझा करने का भी आग्रह किया लोग नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं